कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर शर्मा ने कहा कि हवाई सेवाओं को शुरू करने को लेकर मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुरूप एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं की गई है इस बीच कांगड़ा से बाहर जाने वाले यात्रियों ने भी कोरोना संकमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के साथ हवाई अड्डे पर प्रवेश किया जो भी यात्री बाहरी राज्य में जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे उनके सूट केस और बैग सेनिटाइज किए गए और हैंड वाशिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई

केन्द्र ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ये हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड के अलावा यात्रा के दौरान भी सभी सावधानियों का पालन करना होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा से पहले यात्रियों की जांच की जाए इसके अलावा राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाने वाले व्यक्तियों को ही हवाई रेल और बस यात्रा की अनुमति दी जाए वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा

इन सभी स्थानों की नियमित रूप से सफाई की जाए और साबुन और सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना संकमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं

इसमें ऊना शिमला कांगड़ा हमीरपुर और चंबा जिला में कोरोना संक्रमण के नए मामले पाये गए है इन मामलों में कांगड़ा से सात उना से छः चंबा से चार शिमला से तीन जबकि हमीरपुर से एक मामला है इस बीच कोरोना संकमित दो महिलाओं की मृत्यु हुई है

ये महिला किडनी की बीमारी से भी ग्रसत थी

महिला के पति में भी कोरोना संकमण के लक्षण पाये गए है वो हमीरपुर के कोविड अस्पताल में उपचाराधीन है इसके अलावा आज दोपहर बाद मण्डी जिला की एक अन्य बुजुर्ग महिला का नेरचौक मैडिकल कॉलेज में निधन हो गया

कांग्रे स हिमाचल प्रदेश को देश के क्वारंटीन डैस्टिनेशन बनाने के मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस मुखर हो गई हैं पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने की बजाए बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों की हालत दयनीय है और यहां पहुंचने वाले लोगों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने में सरकार विफल रही है रजनी पाटिल ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशने की भी राज्य सरकार को सलाह दी

उन्होंने कहा कि इस नम्बर पर महिलाएं अपने शिकायत दर्ज करवा सकती हैं डेजी ठाकुर ने कहा कि इस नम्बर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी ईद देश सहित प्रदेशभर में आज ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यह पर्व रमजान की समाप्ति पर मनाया जाता है कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की चंबा में इस मौके पर अंजुमन इस्लामियां संगठन ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया